जबकि संक्रमण के कारण दो लोगों की हुई मौत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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की है श्री मोदी ने कहा कि कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाने पर है और आगरा में मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है श्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि देश के बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या यह है कि नई परियोजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि पैसा कहां से आएगा पर्यटन क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ई वीजा योजना के तहत लाए गए देशों की संख्या में वृद्धि की है और होटल के कमरे का किराया काफी कम कर दिया है उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं से पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है किसान संघों के आज भारत बंद के आहवान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं

दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को आउटर रिंग रोड और जीटी करनाल रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है जामताड़ा जिले के किसान उदय मंडल ने किसानों के हित में लिए गए निर्णय का समर्थन किया है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के हित में है इससे किसानों को काफी लाभ होगा

विभाग किसानों को लाभान्वित करने के लिए समय से पूर्व तैयार रहे क्योंकि किसान समय के साथ खेती कार्य करते हैं और अगर उन्हें लाभ नहीं मिला तो उनकी मेहनत व्यर्थ चली जायेगी मुख्यमंत्री कृषि पश्यपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पादित सब्जियों को अधिक दिनों तक संग्रह करने एवं अधिक मुनाफा देने के लिए कोल्ड रूम के निर्माण को प्राथमिकता दें यह कार्य अधिक सब्जी उत्पादन करने वाले पंचायत में हो उन्हें बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें श्री सोरेन ने अधिकारियों से धान संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है

झारखंड राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग राजस्व विभाग कृषि विभाग के सचिव की उपस्थिति में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक आयोजित किया गया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवासीय विद्यालयों के परिसरों को आध्निक मॉडल के अनुरूप बनाएं इन विद्यालयों में हॉकी फृटबॉल आर्चरी जैसे खेल मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराए मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें श्री सोरेन ने अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विमाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनाने और उन रिक्तियों पर एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्दे ा दिया राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान के एक सौ उन्यासी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जबकि कोरोना से दो लोगों की मौत हुई है मुतकों में धनबाद और पूर्वी सिंहभूम से एक एक मरीज शामिल हैं वहीं कोरोना संकमण से दो सौ चौदह मरीज ठीक हुए हैं

राज्य में कुल संक्रमितों की आंकड़ा अब एक लाख दस हजार चार सौ संतावन हो गया है इनमें एक हजार सात सौ उनसठ सक्रिय मामले हैं जबकि एक लाख सात हजार सात सौ दस मरीज ठीक हो गए हैं अब तक राज्य में कोरोना से नौ सौ अठासी लोगों की मौत हुई हैं

चतरा जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे पोस्ता की खेती को नश्ट करने के लिए जल्द ही व्यापक अभियान भाुरू किया जाएगा इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से पोस्ते की खेत पर नजर रखी जाएगी यह बातें पुलिस अधीक्षक ऋशभ कुमार झा ने अभियान की तैयारियों के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा र्बैठक के दौरान कही श्री झा न कहा कि खेती पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहयोग लिया जाएगा जिला बल के जवानों को उसका प्रधीक्षण दिया जा रहा है रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में कल स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोरोन वैक्सीन को लेकर जिले में हो रही तैयारियों और पल्स पोलियो अभियान दो हजार इक्कीस की तैयारियों की समीक्षा की बैठक के दौरान उपायुक्त ने अलग अलग चरणों में स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्य लोगों को वैक्सीन लगाये जाने के लिए डाटाबेस तैयार करने का निर्दे ा दिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि बालूमाथ थाना क्षेत्र जावाबाड़ जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसके बाद विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरे ान चलाया जा रहा है इसी बीच दुमुहान पूल के पास माओवादियों द्वार छिपा कर रखे गए नौ आईईडी बम और तार बरामद किए गए अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है राज्य से प्रका ित लगभग समी अखबारों ने किसान आंदोलन और उनके द्वारा आज बुलाये गए भारत बन्द से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिंदुस्तान ने किसानों के साथ विपक्ष ने ताल ठोकी भीर्शक के साथ किसान आंदोलन द्वारा आहूत भारत बंद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं प्रभात खबर ने भारत बंद को देखते हुए केंद सरकार द्वारा सुरक्षा के इंतजामों के व्यापक प्रबंध की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है

दैनिक जागरण ने किसानों से वार्ता की तैयारियों पर कृशि मंत्रालय में जारी रहा बैठकों का दौर खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भी भारत बंद की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित की है